प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से काले धन को कम करने आयकर अनुपालन और प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने और पारदर्शिता बढाने में सहायता मिली ट्वीटर पर श्री मोदी ने कहा कि इन परिणामों से राष्ट्र की प्रगति को बहुत फायदा हुआ है

श्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार काले धन और जाली मुद्रा से लड़ाई में आम आदमी के हाथ मजबूत होंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय करने जा रही है हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सेवा दक्षिण ग्जरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी

मूख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

प्रस्ताव में कहा गया है कि निबंधित किसानों की संख्या और प्रखंड से दूरी का ध्यान रखते हुए धान अधिप्राप्ति केन्द्र भी खोले जाएंगे इसकी जिम्मेदारी राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पर होगी मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद प्रस्ताव पर अब कैबिनेट की स्वीकृति ली जायेगी सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी ने किसान चौपाल सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सह केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं देश के जवानों और किसानों पर उनका विशेष ध्यान है मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में ही गांव के विकास पर चर्चा हुई थी उन्होंने कहा कि गांव पंचायत और जिला अपने आप में उत्पादन के केंद्र बनें इसलिए किसानों के बारे में सोचा गया उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने किसानों से संबंधित अच्छा फैसला किया है कृषि सुधार कानून का उद्देश्य हैं कि किसानों को बाजार में अच्छी कीमत मिले और अच्छा उत्पादन हो

वाहन निर्माता या उनके डीलर इनकी आपूर्ति कर रहे हैं अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि भारत अब भी कोरोना की सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है स्वास्थ्य मंत्रालय ने टवीट कर कहा कि भारत में कोविड से हो रही मृत्यु दर घटकर महज एक दशमलव चार आठ प्रतिशत रह गई है बाइस राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में यह दर आज भी राष्ट्रीय औसत से कम है मंत्रालय ने कहा कि अठारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है

वर्तमान में मरीजों की संख्या कुल मामलों का लगभग छह प्रतिशत है

राज्य में अब तक एक लाख चार हजार दो सौ उनचालीस संक्रमितों की पहचान हो चुकी है और अंठानवे हजार सात सौ छिहत्तर संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंडवनांचल और जेपी आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग द्वारा आंदोलनकारियों की सपुष्ट सूची से संबंधित अधिसूचना प्रारुप को मंजूरी दे दी है आयोग द्वारा पहली द्रसरी तीसरी पांचवी छठी और नौवीं संपुष्ट सूची में उन्नीस आंदोलनकारियों के नाम हैं इनमें बोकारो जिले के दो पूर्वी सिंहभूम के चार गिरिडीह के एक जामताड़ा के दो लोहरदगा के तीन रांची के पांच और सरायकेला खरसांवा के दो आंदोलनकारी आवेदक शामिल हैं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मेदिनीनगर वन प्रमंडल के कुंदरी प्रक्षेत्र के वन क्षेत्र पदाधिकारी जितेंद्र क्मार हाजरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है उनके खिलाफ माफियाओं की मिलीभगत से पंद्रह हेक्टयर से ज्यादा वनभूमि में लगे लगभग पांच सौ पैंतीस पेड़ों को अवैध रूप से काटने आरोप है वन क्षेत्र पदाधिकारी श्री हाजरा को खिलाफ कई और मामलों में भी विभागीय कार्रवाई की गई है धनबाद जिले के भू अर्जन घोटाले में आरोपी पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है इसके तहत धनसार हीरक रिंग रोड के गोलकाडीह मौजा में भू अर्जन की प्रक्रिया में बरती गई अनियमितता मामले में आरोपी पदाधिकारियों और कर्मियों तथा भारतीय खनिज विद्यापीठ से संबंधित मामले में दो पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी आपको मालूम होगा कि इन दोनों मामलों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा की जा रही है नोटबंदी के चार वर्ष प्ररे होने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा रांची समेत राज्यभर में विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया गया इस दौरान रांची में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को काला बिल्ला लगाकर और सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज कराया राजधानी रांची में पार्टी के प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे लाल किशोरनाथ शाहदेव आदित्य विक्रम जायसवाल निरंजन पासवान शकील अख्तर अंसारी समेत अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट एक्का चौक के निकट एक दूसरे को काला बिल्ला लगाकर नोटबंदी के विरोध में विश्वासघात दिवस मनाया इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर विरोध जताकर नोटबंदी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया द्मका जिला कांग्रेस कमेटी की महिला नेत्री पुष्पा हिम्मत सिंहका को कल अपराधियों द्वारा गोली मारे जाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने गहरा आक्रोश और दुख प्रकट किया है प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी और थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि थाना प्रभारी की लापरवाही से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया राज्य में झारखण्ड अध्यिविद्य परिषद जैक द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक की संप्रक परीक्षा कल से आरंभ हो रही है

पहली पाली में यह परीक्षा सुबह नौ बजकर तीस मिनट से बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक और दूसरी पाली की परीक्षा एक बजकर पैंतालीस मिनट से शाम पांच बजे तक चलेगी पश्चिमी सिंहभूम पूलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र के भंडरा गांव से उसे गिरफ्तार किया गया लेबा मुंडा नामक पीएलएफआई सदस्य के विरुद्व पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिले के कई थानों में उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित मामले दर्ज हैं चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथ्र सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी और प्राप्त सूचना के आधार पर उसे उसके गांव से ही गिरफ्तार किया गया

पुलिस छापामारी का आज आठवां दिन था इस दौरान मुख्यालय के पुलिस उपाधीक्षक प्रकाश सोय के नेतृत्व में लगातार छापामारी अभियान चलाते हुए करीब तीन सौ किलो महुआ शराब जब्त की गयी कोडरमा के चंदवारा स्थित पुलिस लाईन में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया मैराथन दौड़ में सभी प्रतिभागियों को जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ एहतेशाम वाकरीब और पुलिस उपाधीक्षक संजीव कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कोरोना महामारी के इस दौर में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र किरीबुरू में भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल प्रबंधन द्वारा सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं